पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी अभियान जारी

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार में एक सौ छियासठ नये पुलों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है तीन सौ पचास करोड़ की लागत से बनने वाले इन पुलों का निर्माण छोटी छोटी नदियों और नालों पर किया जायेगा पुलों के बनने से आवागमन की सुविधा बढ़ेगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले की आरोपी पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी जारी है पुलिस ने पूर्व मंत्री गिरफ्तार करने के लिये बेगूसराय के अर्जुन टोला खगड़िया के अलौली समेत अन्य चार ठिकानों पर छापेमारी की एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि छापेमारी अभी जारी है और आज इस संबंध में इश्तेहार जारी किया जायेगा सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी या सरेंडर नहीं होने पर पूर्व मंत्री की संपत्ति जब्त हो सकती है इस मामले में पूर्व मंत्री के पति चंद्रशेखर वर्मा ने पहले ही सरेंडर कर दिया है चंद्रशेखर वर्मा से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं इधर मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाक्र को पटियाला जेल भेजने के बाद दिल्ली समेत अन्य राज्यों में उसकी संपत्ति की खोज शुरू हो गयी है ब्रजेश ठाकुर के रिश्तेदारों और एनजीओ के सदस्यों की संपत्ति और लेन देन की जांच भी की जा रही है इस बीच साहू रोड स्थित बालिका गृह का नक्शा उपलब्ध कराने के लिये नगर निगम ने ब्रजेश ठाकुर की मां मनोरमा देवी को दस दिन की मोहलत दी है यदि इस दौरान नक्शा नहीं मिला तो बालिका गृह के भवन को ध्वस्त किया जायेगा पटना स्थित पुलिस लाइन में हंगामा और उपद्रव के मामले में सौ से अधिक प्रलिसकर्मियों के खिलाफ नामजद मामले दर्ज कराये गये हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार बुद्धा कॉलोनी थाने में तीन मामले जबकि कोतवाली थाने में एक मामला दर्ज किया गया है इधर जोनल आईजी नैयर हसनैन खान ने कहा है कि सभी बिंदुओं पर जांच के बाद उपद्रव में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक देने को दंडनीय अपराध बनाने संबंधि अध्यादेश पर रोक से इंकार कर दिया है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के एम जोसेफ और हेमंत गुप्ता की पीठ ने इस अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इंकार करते हुये कहा कि अध्यादेश की समयसीमा छह महीने हीं होती है इसलिए इस पर सुनवाई से कोई फायदा नहीं होगा तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश बीते उन्नीस सितंबर को लाया गया था बरौनी खाद कारखाने में मई दो हजार इक्कीस से उत्पादन शुरू हो जायेगा इस कारखाने से रोजाना बाईस सौ टन अमोनिया और अड़तीस सौ पचास मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा इस कारखाने के चालू होने के बाद चार सौ लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग बाईस सौ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा और किसानों को आसानी से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध होगा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लिमिटेड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर यह जानकारी दी बिहार लोक सेवा आयोग ने साठवीं से बासठवीं संयुक्त सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है कुल सोलह सौ पचास अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है आयोग के सूत्रों के अनुसार बाईस नवंबर से सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शुरू होने की संभावना है केन्द्र सरकार के सेन्ट्रल ऑर्डिनेन्स डिपो से भारी संख्या में ऑटोमैटिक राइफल एके सैंतालीस की तस्करी के मामले में गिरफ्तार एक महिला समेत चार तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने यह जानकारी देते हुये बताया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से करीब अस्सी एके सैंतालीस राइफल की तस्करी में गिरफ्तार चार तस्करों को मुंगेर लाकर सघन पूछताछ के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया जहां न्यायालय ने तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने का आदेश दिया डीआरआई की टीम ने पटना के बोरिंग रोड और दीघा इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दो सौ सत्तर अमेरिकन कछुये के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन कछूओं की कीमत एक करोड़ से अधिक है इन कछुओं को मालदा के रास्ते बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी किशनगंज समाहरणालय में छियासठ कर्मचारियों की फर्जी बहाली का खुलासा हुआ है पटना हाई कोर्ट के आदेश पर निगरानी अन्वेंषण ब्यूरो की जांच में बहाली में फर्जीबाड़े का खुलासा हुआ ब्यूरों ने इस मामले में किशनगंज के करीब एक दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है सारण जिले के छपरा जंक्शन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक समेत छह पुलिसकर्मियों को एक नाबालिग महिला से दुष्कर्म के आरोप में निलंबित कर दिया गया है साथ ही रेलवे ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है इधर छपरा बालिका गृह अधीक्षक ने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है पीड़ित महिला ने चाइल्ड लाइन को इस बारे में जानकारी दी थी बीएमपी पांच में प्रशिक्षु महिला सिपाही छेड़खानी करने वाले सूबेदार सह निरीक्षक शंभू शरण राठौर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है पुलिस आरोपी सूबेदार को पकड़ने के लिये छापेमारी कर रही है बीते तीस अक्टूबर को बीएमपी पांच में ट्रेनिंग के दौरान एक महिला सिपाही ने सूबेदार पर छेड़खानी का आरोप लगाया था उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में सांसदों और विधायकों के मुकदमे की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया जहां बाद में उन्हें सशर्त जमानत पर मुक्त कर दिया देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले में उत्तराखण्ड ने बिहार को दस विकेट से पराजित कर दिया मैच के दूसरे दिन बिहार की दूसरी पारी एक सौ उनहत्तर रन पर ही सिमट गयी उत्तराखण्ड ने जीत के लिये आवश्यक दो रन बनाकर बोनस अंक भी प्राप्त कर लिया इधर धनबाद के रेलवे मैदान में खेली जा रहे विजय मर्जेंट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट मुकाबले के पहले दिन झारखण्ड ने बिहार के खिलाफ ठोस शुरूआत करते हुये नौ विकेट पर चार सौ बीस रन बना लिये हैं और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है छोटे शहरों में निजी अस्पताल बनावायेगी सरकार अखबार की एक अन्य खबर है पेट्रोल डीजल के दामों में और गिरावट दैनिक जागरण का शीर्षक है डेंगू से महिला आरक्षी की मौत पर बवाल जवानों ने सिटी व ग्रामीण एसपी को पीटा अखबार की एक अन्य सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हिन्दी अनुवाद पर विचार प्रभात खबर लिखता है एश्वर्या से तलाक लेंगे तेज प्रताप पहुंचे हाई कोर्ट अखबार की एक अन्य खबर है छपरा आरपीएफ पोस्ट पर किशोरी के साथ दुष्कर्म दैनिक भास्कर ने भी पुलिसकर्मियों की बगावत को सुर्खी बनाते हुये लिखा है डेंगू से महिला सिपाही की मौत के बाद आक्रोशित रंगरूटों ने पुलिस लाइन में डीएसपी सिटी एसपी व ग्रामीण एसपी को दौड़कर पीटा गाड़ियां तोड़ी राष्ट्रीय सहारा ने संवेग कार्यक्रम को सुर्खी बनाते हुये लिखा है एक करोड़ तक का कर्ज उनसठ मिनट में अखबार आज का शीर्षक है होमगार्ड के जवानों को मिलेगा दीवाली का तोहफा

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी अभियान जारी